मुख्यमंत्री कल शिमला में उनसे मिलने आए युवा सामाजिक उद्यमियों सिद्दार्थ लखनपाल और गौतमी श्रीवास्तव से बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना सहित कई अन्य योजनाएं शुरू की हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है जयराम ठाकुर ने दोनों युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए बधाई दी और उम्मीद जताई कि इससे प्रदेश से बाहर बसे पेशेवर युवाओं को प्रेरणा मिलेगी

ये जानकारी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी में राज्यस्तरीय कार्यशाला में दी

बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज सिरमौर जिला के कालाअम्ब त्रिलोकपुर मुख्य सड़क मार्ग पर खैरी से मीरपुर गुरूद्वारा तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया

बिंदल ने बाद में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला त्रिलोकपुर के वार्षिक समारोह में मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया दृष्टिहीन संघ राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ ने दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का नियम लागू करने के उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले का स्वागत किया है संघ के महासचिव एस के रूंग्टा ने कहा है कि दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए यह ऐतिहासिक फैसला है उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण में पदोन्नति की नीति तुरन्त लागू करने का आग्रह किया इस बीच राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की हिमाचल शाखा ने दृष्टिहीन और अन्य दिव्यांगों को नियुक्तियों के साथ साथ पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने के उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को प्रदेश में जल्द लागू करने की सरकार से मांग की है संघ की प्रदेश शाखा के संयोजक कुलदीप ठाक्र ने एक ब्यान में कहा है कि प्रदेश के सभी विभागों निगमों और बोर्डो में कार्यरत सभी पात्र दिव्यांगों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ समयबद्व दिया जाना चाहिए ताकि सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले की अनुपालना की जा सके पर्यटन चम्बा जिला को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं उपायुक्त विवेक भाटिया ने आज जिला मुख्यालय में आयोजित एक बैठक में बताया कि पर्यटन नगरी खजियार में विशाल पार्किंग स्थल विकसित करने का कार्य प्रगति पर है वहीं पर्यटकों को चम्बा के इतिहास और पर्यटन स्थलों की जानकारी देने के लिए टूरिस्ट गाईड रखे जाएंगे मौसम पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेशवासियों को कल से एक बार फिर वर्षा व बर्फबारी का सामना करना पड़ सकता है

उधर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में साफ मौसम के बावजूद कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और न्यूनतम तापमान माइनस दस से बीस डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया जा रहा है